मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने शिमला में बताया कि निर्वाचन आयोग की पहल पर विशेष मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांग मतदाताओं द्वारा ही किया जाएगा उन्होंने बताया कि मंडी ज़िले में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के बनेड़ मतदान केंद्र में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या सौ फीसदी है मतदान केंद्रों पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्हों के साथ ब्रेल बेलेट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे

डा अम्बेडकर भारत के पहले विधि मंत्री थे इस अवसर पर शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अम्बेदकर चौक में राज्यपाल आचार्य देवव्रत अम्बेदकर की आदम कद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वाजंलि देंगे इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे सांसद तथा मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामरूवरूप शर्मा ने कल मंडी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाड़ीगुमाणु तरनोह सदोह वीरतुंगल और सदयाणा में नुक्कड़ सभायें की उन्होंने कहा कि भाजपा में परिवारवाद की परम्परा नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है उन्होंने आरोप लगाया कि पंडित सुखराम केंद्र में रहते हुए प्रदेश के लिए कोई भी बड़ी परियोजना लाने में नाकाम रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजे जाने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि ये सर्वोच्च सम्मान भारत और रूस के बीच सामाजिक व रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार ध्मल ने हमीरपुर जिले में सुजानपुर के झिनक्कर में एक चुनावी जनसभा में दावा किया कि देश में भाजपा की लहर चल रही है और पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौटेगी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले पांच साल में गरीबी हटाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ बना हुआ है राज्य के मैदानी इलाकों में तेज धूप खिलने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है ऊना में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल में सुबह सात से शाम छह बजे तक वोटिंग ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के इस्तीफे से जुड़ी खबरें भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए हैं अमर उजाला की सुर्खी है राज्यपाल ने मंजूर किया अनिल का इस्तीफा पंजाब केसरी के शब्द है मुख्यमंत्री के पास रहेगा उर्जा व गैर पारंपरिक उर्जा स्त्रोत विभाग सीएम जयराम की चोट गंभीर पांव चोटिल भतीजे की शादी चुनाव सिर पर और आराम की सलाह दिव्य हिमाचल की एक खबर है पूर्व भाजपा अध्यक्ष खीमी राम शर्मा पर सुखराम के डोरे शीर्षक से आपका फैसला लिखता है भाजपा के नाराज चल रहे नेताओं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री की पैनी नजर दैनिक जागरण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है कांग्रेस सरकार बने तो अनिल को सीएम बनवा लें सुखराम दैनिक भास्कर सांसद अनुराग ठाकुर के हवाले से लिखता है हर हाल में हमीपुर पहुंचेगी ट्रेन कहां होकर जाएगी रेलवे ही बता सकता है उन्होंने कैद से काता हुनर का सूत शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है कैदियों के बनाए चरखों को हर किसी ने सराहा राज्य स्तरीय उत्पादन प्रदर्शनी में कई कैदियां ने दिखाया हनर

पंजाब केसरी के शब्द हैं प्रदेश में यैलो अलर्ट जारी कुछ स्थानों पर बरसेंगे ओले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

नमस्कार